किशनगंज कटिहार अररिया पश्चिमी चंपारण और बांका में पिछले चौबीस घंटों के दौरान बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त

कटिहार में एक सौ दस मिलीमीटर बारिश हुई प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक हजार पांच सौ अंठानवे नये मामलों की पूष्टि

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की आशंका भी जतायी गयी है मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि पटना सहित गंगा नदी के किनारे बसे जिलों में अत्याधिक बारिश हो सकती है राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों सीवान गोपालगंज प्रर्वी और पश्चिमी चंपारण और सारण जिले में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है

बारिश से इन क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है सबसे अधिक एक सौ तीस मिलीमीटर वर्षा किशनगंज के तैयबपुर में रिकार्ड की गयी बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक और इसकी अन्य सहयोगी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण वाल्मिकी नगर गंडक बराज से एक लाख इक्कीस हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने भारी बारिश के मद्देनजर जिलों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिये हैं कटिहार और दरभंगा जिले में लगातार बारिश के कारण जगह जगह भीषण जल जमाव की स्थिति हो गयी है बांका जिले में स्थानीय नदियां उफान पर हैं भारी बारिश के चलते बांका शहर में बाजार में पानी भर गया है और दुकानें डूब गयी हैं इधर पटना अरवल जहानाबाद सहित राज्य के कई जिलों में कल रात से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से खुले में नहीं जाने की अपील की है बांका जिले में अमरपुर और रजौन प्रखंड में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गयी राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण के एक हजार पांच सौ अंठानवे नये मामलों की प्रष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख तिहत्तर हजार तिरसठ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक दो सौ उन्नीस मामले पटना जिले से सामने आये हैं मुजफ्फरपुर में नवासी पूर्णिया में बहत्तर सुपौल में इकहत्तर गोपालगंज में छियासठ मधेपुरा में बासठ और नालंदा में कोरोना के साठ नये मरीजों की पहचान की गयी है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक हजार चार सौ नब्बे मरीज स्वस्थ हुए हैं राज्य में स्वस्थ होने की दर साढ़े इक्यानवे प्रतिशत से अधिक हो गयी है इस समय तेरह हजार छह सौ बयालीस सक्रिय मामले हैं वहीं महामारी से प्रदेश में अब तक आठ सौ चौहत्तर लोगों की मौत हुई है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के तिरासी हजार तीन सौ सैंतालीस नये मामले आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या छप्पन लाख को पार कर गई है वहीं अब तक पैंतालीस लाख सतासी हजार छह सौ तेरह लोग स्वस्थ भी हुए हैं राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में विधानसभा चूनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि सीटों के तालमेल में देरी से दलों के कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है उन्होंने कहा कि अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है तो पार्टी अपना फैसला लेने के लिये स्वतंत्र है इधर चुनाव को लेकर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने दो हजार छह से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं दिया है राजद नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने समस्तीपूर जिले के हसनपूर विधानसभा क्षेत्र से चूनाव लड़ने के संकेत दिये हैं वे अभी महुआ क्षेत्र से विधानसभा सदस्य हैं इधर राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आने और चुनाव लड़ने के संकेत दिये हैं मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा है कि कोसी क्षेत्र के लिये हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गयी विभिन्न रेल योजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी श्री यादव आज रीजनल आउटरीच ब्यूरो पटना द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे एसके सिंघल राज्य के प्रभारी प्रलिस महानिदेशक नियुक्त किये गये हैं उन्होंने आज डीजीपी का प्रभार ग्रहण कर लिया निवर्तमान डीजीपी ग्रुप्तेश्वर पांडेय के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद उनकी पदस्थापना की गयी है संसद के मॉनसून सत्र के तय समय से आठ दिन पहले आज राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है सत्र चौदह सितंबर को आरंभ हुआ था और पहली अक्टूबर तक चलना था यह निर्णय कोविड महामारी के मददेनजर लिया गया है संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयक पारित कर दिए हैं राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज स्वीकृति दी जबकि लोकसभा ने इन्हें कल पारित किया था विधेयकों पर चर्चा के उत्तर में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि केन्द्र सरकार असंगठित क्षेत्र के चालीस करोड़ मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिये कई कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि संसद से पारित इन विधेयकों का मकसद श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है

इन शहरों में पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला किया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इन दोनों शहरों में केवल इलेक्ट्रीक तिपहिया वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन होगा एक रिपोर्ट के अनुसार वाहनों के परिचालन से इन शहरों में सबसे अधिक प्रद्षण होता है श्री मोदी ने आज मुजफ्फरपुर और गया शहरों के लिये स्वच्छ हवा कार्य योजना के शुभारंभ के अवसर पर यह जानकारी दी केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री सह पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज राजेन्द्र नगर टर्मिनल स्टेशन पर दो करोड़ छप्पन लाख रूपये की लागत से विभिन्न यात्री सुविधाओं का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जीवनी और उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम कर्मयोगी का आकाशवाणी के पटना केन्द्र से आज प्रसारण किया जायेगा श्रोता इस प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के तुरंत बाद इसे सुन सकते हैं महात्मा गांधी पर हमारी श्रंखला के अंतर्गत आज प्रस्तुत है अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचार पर एक रिपोर्ट साउंड बाईट महात्मा गांधी ने कहा था कि अहिंसा का मतलब प्रेम है उनका मानना था कि अगर किसी के प्रति प्यार और सम्मान है तो वे उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे उनका मानना था कि मानवता को प्रदर्शित करने के लिए अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है महात्मा गांधी ने कमजोर देशों को सलाह देते हुए कहा कि वे अपनी रक्षा के लिए युद्ध के बजाय अहिंसा का मार्ग अपनायें दीपेन्द्र कमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक सौ बारहवीं जयंती के अवसर पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया दिनकर के बेगूसराय स्थित पैतृक गांव सिमरिया में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने दिनकर आदर्श ग्राम सिमरिया और अन्य स्थानों पर उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पंण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किये इधर शेखपुरा जिले के बरबीघा प्लस टू उच्च विद्यालय में सादगीपूर्वक राष्ट्र कवि की जयंती मनायी गयी रामधारी सिंह दिनकर इस स्कूल के पहले प्रधानाचार्य थे मुंगेर जिले में रामगिरिया पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर पांच मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है इस दौरान बड़ी संख्या में तैयार और अर्द्वनिर्मित हथियार बरामद किये गये हैं पूलिस ने तीन संचालकों को गिरफ्तार किया है

किशनगंज कटिहार अररिया पश्चिमी चंपारण और बांका में पिछले चौबीस घंटों के दौरान बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त

कटिहार में एक सौ दस मिलीमीटर बारिश हुई प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक हजार पांच सौ अंठानवे नये मामलों की पुष्टि